राज्य के प्रमुख शहरों में स्थित कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद हल्के लक्षण वाले मरीजों का अब होम क्वारंटीन में होगा इलाज झारखंड सरकार के अनुरोध पर पटना से रांची जनशताब्दी और टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन आज से अगले आदेश तक रोका गया सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबाधाम बासुकीनाथ सहित राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों से ऑनलाइन किया गया दर्शन राज्य भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सात कोरोना मरीजों की मौत हो गई है जबकि तिरानबे नए मामले मिले हैं इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या इकतीस हो गई है जबकि संक्रमितों की संख्या तीन हजार सात सौ तिहतर पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर राज्य में अब तक दो हजार तीन सौ आठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं अब तक क्ल सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार चार सौ बत्तीस है वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर इकसेठ प्रतिशत हो गई है

वही प्रभावित इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है इसके अलावा चंदवारा प्रखंड के एक संक्रमित बुजुर्ग की इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित बुजुर्ग किडनी रोग से ग्रसित था राज्य के प्रमुख शहरों रांची धनबाद और जमशेदपुर स्थित कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद हल्के लक्षण वाले मरीजों का अब होम क्वारंटीन में इलाज होगा राजधानी स्थित तीन कोविड अस्पतालों में से दो में मरीजों के भर जाने के बाद संक्रमितों को घर में आईसोलेट किया गया है रिम्स और सीसीएल अस्पताल के बेड भर चुके हैं वहीं पारस कोविड अस्पताल में अभी लगभग पचास बेड खाली हैं

उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद से रिम्स रांची भेजा गया था

इसके पहले दो और भाईयों की मौत धनबाद में हो गयी थी सभी कोरोना संक्रमित थे

इसके साथ ही जिले में अबतक कोरोना से मरने वालों की संख्या पांच हो गयी है वहीं बीसीसीएल के महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी के कोरोना पोजिटिव मिलने के बाद बीसीसीएल मुख्यालय को बंद रखने का आदेश दिया गया है वहीं बोकारो स्टील सिटी थाना के सब इंस्पेक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं थाना परिसर को पूरी तरह बंद कर सभी तीस पुलिसकर्मियों को होम क्वारेंटिन कर दिया गया है

रांची जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना जागरूकता रथ चलाया जा रहा है इसी के तहत कल रांची के हिंदपीढ़ी और नामकुम इलाके के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई इस दौरान बताया गया कि कोराना का संक्रमण जारी है इसलिए शारीरिक दूरी बनाए रखें घर से निकलें तो मास्क जरूर पहनें वहीं लोगों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया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

इधर रांची से पटना के लिए नया रेल रूट इस साल दिसंबर तक शुरू हो जाएगा इस रूट पर लगभग नब्बे प्रतिशत काम पूरा हो चुका है नया रेल रूट कोडरमा बड़काकाना और हजारीबाग होकर बन रहा है जिससे पटना की दूरी तेरह घंटे की जगह ग्यारह घंटे में तय हो सकेगी नया रेल रूट शुरू हो जाने के बाद ट्रेनों को गोमो और पश्चिम बंगाल के झालदा में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूव मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बड़काकाना के बाद टाटीसिलवे और सांकी स्टेशन के बीच काम अंतिम चरण में है सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबाधाम दुमका स्थित बासुकीनाथ रांची पहाड़ी मंदिर सहित राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों से ऑनलाइन दर्शन किए जा रहे हैं जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा रखी है इसलिए भक्त बाबा का ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं बाबाधाम में सुबह शाम होने वाली सरकारी पूजा और श्रंगार पूजा का टेलीविजन और वेब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है कोरोना संक्रमण को देखते हुए साहेबगंज स्थित बिहार झारखंड की सीमा पर कड़ाई से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है इसे लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने कल मिर्जाचौकी चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया

आय कर विभाग ने बैंकों और डाकघरों में एक नयी सुविधा शुरू की है जिसके जरिए वे खातों से पैसे की निकासी के समय स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें सुनिश्चित कर सकते हैं इस सुविधा के जरिए बैंक और डाकघर यह पता कर सकते हैं कि आयकर विवरणी न भरने वाले खाताधारक के अपने खाते से बीस लाख से अधिक राशि की निकासी करने पर आयकर देना होगा या नहीं और इसकी दर क्या होगी इसी तरह आयकर विवरणी भरने वाले खाताधारक के एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालने पर यह दर क्या होगी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि अब तक तिरपन हजार सत्यापन अनुरोधों को इस सुविधा के जरिए सफलता पूर्वक निपटाया जा चुका है इस सुविधा का ब्यौरा देते हुए सीबीडीटी ने कहा है कि अब बैंकों और डाकघरों को पैसा निकालने वाले खाताधारक का सिर्फ पैन नम्बर दर्ज करना होगा और इससे स्रोत पर आयकर की कटौती की दर का पता चल जाएगा बोर्ड ने कहा है कि फिलहाल आयकर विवरणी भरने वाले करदाताओं से एक करोड़ रुपये तक की निकासी पर दो प्रतिशत की दर से कटौती की जाती है

खूंटी जिले के सायको थाना क्षेत्र स्थित अनीडीह गांव से पुलिस ने एक किलो अफीम के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है यह जानकारी पुलिस अधीक्षक आश्तोष शेखर ने कल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी श्री शेखर ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है राजधानी रांची के चुटिया इलाके से पुलिस ने पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने कल प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि सभी शूटर चुटिया में किराए के मकान में रह रहे थे और व्यवसायियों की हत्या की योजना बना रहे थे

संक्षिप्त खबरें रांची जिले के कर्रा जरियागढ़ थाना क्षेत्र के पुराना रेलवे फाटक नगड़ा के पास कल ऑटो और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई तोरपा थाना क्षेत्र के बारक्ली में परिवारिक विवाद में एक नाबालिग देवर ने अपनी भाभी की लकड़ी से मारकर हत्या कर दी नाबालिग को तोरपा पुलिस हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है रांची विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर कल शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मोरहाबादी कैंपस में पौधरोपण किया गया इस मौके पर कुलपति डॉ रमेश कुमार पांडेय ने पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए सभी से पौधे लगाने की अपील की खूंटी में कल वज्रपात से एक युवती झुलस गई जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां आज प्रकाशित होनेवाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में कोरोना से मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने रांची के तीन में दो कोविड अस्पतालों के बेड भरने और कम लक्षण वाले मरीजों को होम क्वारेंटिन में इलाज की खबर को हेडलाइन बनाया है दैनिक भास्कर ने एक दिन में सबसे अधिक छह कोरोना संक्रमितों की मौत की खबर को प्रमुखता से छापा है हिंदुस्तान और रांची एक्सप्रेस ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी के कोरोना संक्रमित होने और अमिताभ बच्चन के चारों बंगले सील होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस ने पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों द्वारा वन विभाग के भवनों को उड़ाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने राजस्थान में राजनीति सरगर्मी तेज होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है